आज सुबह कोलकाता में राम कृष्ण मठ और मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद की जयन्ती के मौके पर अपने सम्बोधन में उन्होंने युवाओ से अपील की कि वे इस कानून के बारे में फैलाये गये भ्रम को दूर करने के लिए आगे आयें प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक कारणों से इस भ्रम को फैलाया जा रहा है उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस कानून का कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा पाकिस्तान की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस कानून से वहां धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यको के साथ किये गये दमन को दूर किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून में संशोधन करके इसके दायरे को बढ़ावा गया है प्रधानमंत्री ने युवाओं से नये भारत के निर्माण के स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा करने का आह्वान किया स्वामी विवेकानंद की जयंती आज देशभर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रुप में मनाई जा रही है श्री मोदी ने आज सुबह बेलूर मठ में राम कृष्ण मंदिर में पूजा भी की

इस परियोजना के शुरु होने से काम्बा और आलो के साथ साथ परियोजना के आसपास के इलाकों में स्थित गाव में बिजली की आपूर्ति का जायेगी इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाए है

उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक न्यामार कारबक पूर्व मंत्री लिजुम रोन्या सहित अनेक अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे

तावांग के बर्फिले मौसम के बावजूद वहाँ के मुक्तो सर्कल ग्यामदंग गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया तावांग के ए डी सी लोपसांग सिरिंग ने सरकार आपके द्वार के साथ साथ जनसुनवाई केम्प का उद्घाटन किया इस कार्यक्रम में जिले के अड़तालीस विभाग एक ही जगह मौजूद होकर ग्राम वासियों को सुविधाये उपलब्ध करा रहे है तावांग में अब तक तेरह बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है

भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओ में से एक स्वामी विवेकानंद ने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से अवगत कराया वे शिकागों में अट्ठारह सौ तिरानंबे में विश्व धर्म संसद में अपने प्रसिद्ध भाषण के बाद पश्चिमी देशों में लोकप्रिय हुए स्वामी विवेकानंद उन्नीसवी शताब्दी के आध्यात्मिक महापुरुष रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में स्वामी विवेकानंद के योगदान के लिए उनका स्मरण किया है कोलकाता में ओल्ड करेंसी भवन में कल शाम स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कहा कि स्वामी जी कि शिक्षा आज भी प्रासंगिक है देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रुप में भी मनाई जाती है इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए है उत्तरी कोलकाता में स्वामी के पैतृक निवास पर एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है

दूसरी बार खेली गयी इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में विधायक लोकम तासार और नर्थ ईस्ट कराटे डू फेडरेशन के महासचिव आर बी मारिक सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे राज्य में सभी खेलों को बढ़ावा देने के कदम के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य की अनेक टीमों ने हिस्सा लिया

इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार